उन्होंने कहा कि आज लोग स्वस्थ्य सुरक्षित और शिक्षित है सबको तरक्की के समान अवसर मिलते है और हर बेटी सुरक्षित महसूस करती है राष्ट्रपति ने कहा कि इस नए भारत को पूरी दुनिया से सम्मान मिल रहा है वे आज सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश नैतिकता और सिद्धांतों पर आधारित समावेशी समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सामाजिक और आर्थिक न्याय के उन आदर्शों के अनुसर आगे बढ़ रहा है जो बाबा साहेब भीम राव आम्बेडकर ने संविधान मे समाहित किए थे राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष आम चुनाव में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा जिसमें इस सदी में जन्मे युवा मतदाता पहली बार वोट देंगे नागरिकों के जीवन में सुधार के लिए एनडीए सरकर के उपायों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता का दायरा वर्ष दो हजार चौदह में चालीस प्रतिशत से भी कम था जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब अनठानवें प्रतिशत हो गया है उन्होंने कहा कि स्वच्छता कवरेज में सुधार से नागरिकों खासतौर से गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है जिन्हें मलेरिया और दस्त जैसी बिमारियों की आशंका अधिक रहती है राष्ट्रपति ने कहा कि तेरह करोड़ घरों में रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों में दस लाख से अधिक लोगों ने आयुषमान भारत कार्यक्रम के तहत निःशुल्क इलाज कराया है बजट कल पेश किया जाएगा और बजट सत्र आगामी तेरह फरवरी को संपन्न होगी पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रुख स्पष्ट करने के लिए कहा लोक सभा में पारित इस विधेयक को अभी तक राज्य सभा में पेश नहीं किया गया है लेकिन चल रहे दोनो सदनों के बजट सत्र में इसे सामने रखने की संभावना है श्री सिंह को लिखे पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस मामले को उठाते हुए अपना रुख स्पष्ट रखना चाहिए और प्रर्वोत्तर भारत के जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस विधेयक को राज्य सभा में पारित नहीं होने देने को सुनिश्चित करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक अलग पत्र में श्री तुकी ने कहा कि लोक सभा में पारित नागरिकता संशोधन विधेयक और पूर्वोत्तर राज्यों में विधेयक से संबंधित विकास गंभीर चिंता का विषय है श्री तुकी ने मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र को भी एक पत्र लिखकर इस विधेयक को तत्काल वापस लेने के लिए कड़ा निर्णय लेने और केंद्र सरकार से बिल के दायरे से अरुणाचल प्रदेश को मुक्त रखने का आग्रह करने को कहा अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राधिलु चाइ तेची ने मिश्मी समुदायों से बहुविवाह प्रथा को रोकने के लिए अपनी मिश्मी विवाह प्रणाली में सुधार लाने की अपील की है लोहित जिले में वाक्क्रो में गत मंगलवार को आयोजित एक दिवसीय कानूनी जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती राधिलु चाइ तेची ने यह बात कही कार्यक्रम का आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग जिला प्रशासन और ऑल मिश्मी महिला कल्याण सोसायटी की वाक्क्रो इकाई द्वारा संयुक्त रुप से किया गया था आयोग की सदस्य सचिव यामे हिगियो ने बताया कि महिला आयोग की दल महिलाओं के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही है सांसद निनोंग इरिंग संसद के बजट सत्र के दौरान व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल दो हजार उन्नीस को पेश करेगा यह बिल जो केंद्र सरकार के मसौदे से पी डी पी दो हजार अट्ठारह का एक विकास है कुछ मूलभूत मुद्दों को संबोधित करता है जो भारत के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक विश्व नेता के रुप में उभरने के लिए आवश्यक है ये विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में डेटा सुरक्षा की आवश्यकता के साथ डिजिटल यूग में सभी न्यायिक व्यक्ति के लिए निजता का अधिकार को संहिताबद्ध और सुरक्षित करना चाहता है चांगलांग जिला पुलिस ने स्थानिय प्रशासन के साथ कल मियाओं में करीब दो हेक्टेयर जमीन में फैली अफीम की खेती को नष्ट किया

आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दसमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया